कार्यक्रम आकाशवाणी द्रदर्शन समाचार प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सुचना और प्रसारण मंत्रालय के यू ट्यूब चैनलों पर भी उपलब्ध रहेगा

उन्होंने कहा कि इस साल की शुरूआत में कुछ लोग भविष्यवाणी कर रहे थे कि भारत में कोरोना वायरस का प्रभाव बहत ही भयंकर होगा लेकिन लॉकडाउन और सरकार के कई अन्य उपायों तथा लोगों के साहस के कारण भारत आज कई अन्य देशों से बेहतर स्थिति में है श्री मोदी ने कहा कि कोराना वायरस से स्वस्थ होने की दर बढ़ रही है और लोगों के मनोबल ने अच्छे परिणाम दिए हैं फिर भी हम कोताही नहीं बरत सकते प्रधानमंत्री ने कहा कि लोगों को अधिक सावधान रहने की आवश्यकता है उन्होंने कहा कि मास्क पहनना दो गज की सुरक्षित दूरी रखना और भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचना अब भी बहुत आवश्यक है

उन्होंने कहा कि इस महामारी ने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह हमारी जीवन शैली की ओर भी ध्यान दिलाया है राज्य में पिछले चौबीस घंटों के दौरान छियासठ नए कोरोना संक्रमित मिले हैं वहीं सतहत्तर मरीजों को विभिन्न अस्पतालों से स्वस्थ होने के बाद छट्टी दे दी गयी है राज्य में अब क्ल संक्रमितों की संख्या दो हजार तीन सौ साठ हो गयी है

पिछले चौबीस घंटों में सतहत्तर मरीज स्वस्थ हुए राज्य में अब तक एक हजार सात सौ चौबीस मरीज स्वस्थ हो चुके हैं वहीं सकिय मरीजों की संख्या छह सौ चौबीस है

स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि देश में अब तक तीन लाख से अधिक रोगी इलाज के बाद कोरोना वायरस से ठीक हुए हैं

उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य देखभाल और परीक्षण संबंधी बुनियादी ढांचे का व्यापक विस्तार किया गया है और किसी भी स्थिति से निपटने को लिए पर्याप्त इंतजाम किये गये हैं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

विलुप्त हो रही जनजाति विरहोर के लिए मुख्यमंत्री दीदी कीचन वरदान साबित हुई है

अध्यादेश के तहत खाताधारकों के हितों की रक्षा और सहकारी बैंकों के प्रशासन में सुधार से उन्हें मजबूत करने के प्रावधान किये गए हैं इसके साथ ही सहकारी बैंकों के मामले में भारतीय रिजर्व बैंक की मौजूदा शक्तियों का भी विस्तार किया गया है

इसके तहत व्यापक स्तर पर वृक्षारोपण अभियान चलाया जाएगा संस्कृति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा कि संकल्प पर्व के दौरान लोंगों से प्रधानमंत्री द्वारा बताए गए पांच वृक्षों बरगद आंवला पीपल अशोक और बेल के पौधे लगाकर देश के औषधीय पौधों को महत्व देने की परम्परा को आगे बढ़ाने का अनुरोध किया गया है

मंत्रालय ने हवाई यात्रा के लिए बढ़ती मांग को देखते हुए यह फैसला लिया है नागर विमानन महानिदेशालय से कहा गया है कि वह नए आदेश के अनुरूप घरेलू उडानों की समय सारणी तय करें ग्मला जिले की पुलिस अब सामाजिक भागीदारी बढ़ाकर अपनी छवि में बदलाव लाएगी ताकि पुलिस और जनता के बीच का रिश्ता मजबूत बन सके

रांची रिथित मौसम विभाग के निदेषक एसडी कोटाल ने बताया कि राज्य के कई हिस्सों में कल से दो जुलाई तक मध्यम और हल्की बारिष होने की संभावना है बंगाल की खाड़ी से आ रही हवा और झारखंड में मिल रही पर्याप्त नमी से बारिष की संभावना बनी हुई है अगले चार पांच दिनों तक तापमान सामान्य रहेगा उन्होंने बताया कि अभी तक यहां मानसून सामान्य से ज्यादा बेहतर रहा है हालांकि संथाल परगाना इलाके में सामान्य से कम बारिष दर्ज की गयी है साहिबगंज जिले के बोरियो थाना के सहायक अवर निरीक्षक चंद्राय सोरेन को कल अपराधियों ने गोली मारकर घायल कर दिया उनके पेट में गोली लगी है घायल चंद्राय सोरेन को इलाज के लिए रिम्स रांची भेजा गया है वहीं बरहेट थाना प्रभारी हरिश पाठक को भी सिर में चोट लगी है हमारे साहिबगंज संवाददाता ने बताया कि पिछले शनिवार को बोरियो थाना रोड में रहनेवाले अनाज व्यवसायी अरुण कुमार साह का अपराधियों ने अपहरण कर लिया था और उनकी रिहाई के लिए तीस लाख रूपये की फिरौती मांगी थी